राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला स्थित राज्य लोक सेवा आयोग का दौरा कर आयोग की कार्य प्रणाली का जायजा लिया उन्होंने आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की राज्यपाल ने आयोग द्वारा लागू किए गए ई गर्वनेंस पायलट प्रौजेक्ट को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से आयोग के सभी कार्य ऑनलाईन होंगे उन्होंने भर्ती प्रकिया को और पारदर्शी करने के लिए आयोग की सराहना की

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चुनाव प्रचार में डटे हैं जयराम ठाक्र ने आज मॉडल टाउन क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्ष दिल्ली में विकास कार्य पूरी तरह ठप्प रहे और इस केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए भाजपा की सरकार बनना जरूरी है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान का आहवान किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज अहमदाबाद में गुजरात के ग्रमीण विकास मंत्री आरसीफलदू से मुलाकात की इस दौरान दोनों मंत्रियों ने दोनों राज्यों में विभाग की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की और दोनों राज्यों में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में एक दूसरे से जानकारी हासिल की वीरेन्द्र कंवर ने गुजरात के ग्रामीण विकास मंत्री को हिमाचल आने का न्यौता दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने राज्य पर बढ़ते वित्तीय बोझ को लेकर चिंता जताई है

राठौर ने राज्य सरकार पर अपनी कोई भी मांग प्रभावी ढंग से केंद्र के समक्ष रखने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि विकास के लिए कर्ज लेना गलत नहीं है और विपक्षी दल कांग्रेस इस मुददे पर आधारहीन बयानबाजी कर रहा है ऊना में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने भी अपने कार्यकाल में भारी कर्ज लिया था स्वां नदी तटीयकरण के मुददे पर ध्रमल ने कहा कि खनन माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबंधों में कोई खटास नहीं है और कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ऐसे मुददे उछालते रहते हैं महिला आयोग राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने आज कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल जेल और महिला व बाल विकास विभाग के वन स्पॉट सेंटर का निरीक्षण किया उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मण्डी जिले के पनारसा क्षेत्र की घरेलू हिंसा की शिकार महिला खुशबू का हालचाल पूछा और अधिकारियों को उन्हें सभी जरूरी सुविधा देने के निर्देश दिए डेजी ठाकुर ने जेल में जाकर महिला कैदियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल पांच फरवरी को हैलीकॉप्टर की दो उड़ानें करवाने का कार्यक्रम है पहली उड़ान भुंतर अजोग चंबा अजोग भुंतर और दूसरी उड़ान भुंतर स्टींगरी भुंतर के बीच होगी

परिवहन विभाग के आयुक्त जेएम पठानिया ने आज मण्डी में एक कार्यक्रम में बताया कि सरकार के निर्देश पर चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान से लोगों में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ी है उन्होंने कहा कि वाहन चालकों में जागरूकता लाकर ही सड़क हादसों को रोका जा सकता है और स्कूलों को प्रार्थना सभाओं के दौरान बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करने को कहा गया है कोरोना वायरस ऊना जिला में कोरोना वायरस का कोई संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमण कुमार शर्मा ने आज ऊना में स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मामले को लेकर फैल रही खबर मात्र अफवाह है

ये मरीज थाईलैंड से लौटा था और सर्दी जैसे लक्षणों से घबराया हुआ था लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं पाया मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के लक्ष्ण भी स्वाईन फ्लू जैसे होते हैं मौसम जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर आज एक बार फिर हल्का हिमपात हो रहा है इस बर्फबारी से लाहौल स्पिति जिले में ठंड बढ़ गई है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

खराब मौसम के चलते आज स्टींगरी और अजोग के लिए प्रस्तावित हैलीकॉप्टर उडानें भी नहीं करवाई जा सकी मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है बैडमिंटन राज्य मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज सोलन जिले के कुमारहटी में सम्पन्न हो गई

कौशल विकास कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मण्डी कांगड़ा और शिमला जिले में पात्र उम्मीदवारों की स्कीनिंग होगी उपायुक्त कार्यालय मण्डी में छ फरवरी और धर्मशाला व कौशल विकास निगम के शिमला स्थित कार्यालय में सात फरवरी को स्कीनिंग की जाएगी निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृत्रिम ज्ञान वैब डिजाईनिंग सीएडीडी और जीएसटी जैसे पाठयक्रम शामिल है उन्होंने कहा कि चयनित प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उन्हें आवास की मुफ्त सुविधा मिलेगी

एलआईसी कर्मचारी संघ ने आज प्रदेश के अनेक स्थानों पर धरना प्रदर्शन किए और एक घंटे की हड़ताल की शिमला में संघ के उपप्रधान पंकज सूद ने बताया कि सरकार का ये कदम निगम के खिलाफ है और इस निर्णय को तुरंत वापिस लिया जाना चाहिए